समी को समूह सी तथा डी में नियुक्ति दी गई है इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के प्रति संवेदनशील है उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया और इस संबंध में मार्च दो हजार अट्ठारह में शासनादेश जारी किया गया इसी कम में आज दूसरी बार शहीद सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिए गए पिछले वर्ष शहीद सैनिकों के छह आश्रितों को प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरी दी गयी थी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व सैनिकों को प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में समूह ब और स में पांच प्रतिशत पदों पर आरक्षण दे रही है उन्हॉने कहा कि सरकार सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत है

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में गोरखपुर मेट्रो परियोजना के सम्बंध में प्रस्ततीकरण का अवलोकन कर रहे थे प्रस्ताव के अनुसार गोरखपुर में मेट्रो रेल के दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे पहला कॉरिडोर श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज तक पंद्रह किलोमीटर से अधिक दूरी का होगा जिसमें चौदह स्टेशन होंगे दूसरा कॉरिडोर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसढ़ के बीच बनेगा जिसकी लंबाई लगभग तेरह किलोमीटर होगी इसमें बारह स्टेशन प्रस्तावित हैं एक अनुमान के मृताबिक इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण के बाद वर्ष दो हजार चौबीस तक ढाई लाख से अधिक लोग रोजाना गोरखपुर में मेट्रो रेल से सफर करेंगे मुख्यमत्री ने बैठक में वाराणसी मेरठ प्रयागराज और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दलों का सामना करने को पूरी तरह तैयार है पार्टी ने कल से नये कानून के समर्थन में राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान में कई मंत्री नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में अभियान की शुरुआत करेंगे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद में रहेंगे वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखप्र में अभियान में शामिल होंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली में रहेंगे प्रदेश में अभियान के प्रमारी गोविंद नारायण श्क्ल के अनुसार केन्द्रीय मंत्री एमए नकवी रामपुर में और धर्मेन्द्र प्रधान वाराणसी में अभियान में शामिल होंगे प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक सुरेश राणा सुरेश खन्ना डॉक्टर महेन्द्र सिंह सहित अन्य मंत्री विभिन्न जगहों पर रहकर अभियान में शामिल होंगे एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संशोधन कानून का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को कभी भी भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों और अन्य सभी देशों के मुसलमान हमेशा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात्र हैं नागरिकता संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है पिछले छह वर्षों के दौरान लगभग दो हजार आठ सौ तीस पाकिस्तानी नगरिकों नौ सौ बारह अफगानी नागरिकों और एक सौ बहत्तर बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गयी है आज विश्व ब्रेल दिवस है यह दिन दृष्टिबावित या आंशिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को मानवाधिकार प्रदान करने और संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है आकाशवाणी समाचार की ओर से आज विश्व ब्रेल दिवस अनोखे ढंग से मनाया गया दिल्ली केन्द्र से सुबह ग्यारह बजे का पांच मिनट का हिन्दी बुलेटिन दृष्टिबाधित अधिकारी कमल प्रजापति ने पढ़ा इसी तरह आकाशवाणी की पुणे और नागपुर इकाई से भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों और अधिकारियों द्वारा समाचार पढ़े गये इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उन्हें मुख्यवारा से जोड़ना है इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी एक समावेशी माध्यम है और दृष्टि दिव्यांगजनों तक इसकी पहुंच सबसे आसान है उन्होंने कहा कि ब्रेल दिवस जैसे अवसर हमें समावेशी और सुगम्य समाज बनाने के प्रति समर्पित करते हैं